यह बैठक कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने को देखते हुए बुलाई गई है प्रधानमंत्री इस वर्चअुल बैठक में टीकाकरण अभियान पर चर्चा करेंगे

उन्होंने देश के विभिन्न भागों में बढ रहे कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी और उभर रही दूसरी लहर पर नियंत्रण के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने को कहा था

प्रधानमंत्री ने ट्वीटर पर जानकारी दी कि उन्होंने एम्स में कोविड का दूसरा टीका लगवाया उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के कुछ तरीकों में से एक टीकाकरण भी है प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कोई टीका लगयाने का पात्र है तो उसे जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए

शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित धर्मशाला सहित मण्डी नगर निगम में चुनाव नतीजे भाजपा के पक्ष में आए हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सामाजिक संस्थाओं की समाज कल्याण में अहम भूमिका है उन्होंने आज शिमला में राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा प्रकाशित स्मारिका के विमोचन अवसर पर ये बात कही भारद्वाज ने सामाजिक कार्यों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की बिक्रम उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय परागपुर में आज पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की इस अवसर पर उन्होंने जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य और प्रधानों के साथ जसयां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की बिक्रम ठाकुर ने सभी प्रतिनिधियों से कोरोना से बचाव के लिए गांव में जनजागरण अभियान चलाने को भी कहा बाद में उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया

उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा धर्मशाला में विकास कार्यों में तेजी लाएगी और लम्बित कार्यों को समयबद्व पूरा किया जाएगा

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने चार नगर निगमों में से दो में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने पर खुशी जताई है राठौर ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया और मतदाताओं का आभार जताया है

राठौर ने कहा कि कांग्रेस मण्डी और फतेहपुर उपचुनावों में भी जीत हासिल करेगी एनपीएस प्रतिनिधिमण्डल नई पैंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने पुरानी पैंशन बहाली की मांग को लेकर आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की महासंघ के महासचिव भरत शर्मा ने राज्यपाल को अवगत कराया कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृति पर किसी भी तरह के वित्तीय लाभ का प्रावधान नहीं है और न ही एनपीएस कर्मचारियों की मृत्यु या अपंग होने पर उनके परिवार के लिए पारिवारिक पैंशन का कोई प्रावधान है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में भी ये कर्मचारी तत्परता से अपनी सेवाएं दे रहे हैं राज्यपाल ने महासंघ को इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया

उपायुक्त पंकज रॉय ने बताया कि जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी यात्रियों को दारचा और जिस्पा सुरक्षित पहुंचाया गया